प्रधानमंत्री भाजपा सदस्यता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर का बनाना बिल्कुल संभव है आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही अब हम किसान को पोषक से आगे निर्यातक यानी एक्सपोर्टर के रूप में देख रहे हैं फाई ट्रीलियन डॉलर इकॉनोमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है इसकी एक दिशा बजट में हमनें दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है और देश को ये भी विश्वास दिया गया है कि पांच साल एक सरकार एक कन्टीन्यूटी में है ये भी विश्वास दिया है कि आने वाले दस साल के विजन के साथ मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री ने वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान की शुरूआत करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र के बड़ा लालपुर गांव में आज एक कार्यक्रम में पांच लोगों को पार्टी की सदस्यता प्रदान की भाजपा का सदस्यता अभियान भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ है

केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज राजधानी रायपुर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की सभी जिलों में भाजपा का सदस्यता अभियान चलेगा प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग प्रभारियों की नियुक्ति की गई है सदस्यता अभियान की शुरूआत के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान में भाजपा के ग्यारह करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में बीस फीसदी और नए सदस्यों को बनाने के लक्ष्य के साथ अभियान की शुरुआत की गई है केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने अंबिकापुर में सदस्यता अभियान की शुरूआत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा ग्यारह करोड़ की सदस्यता संख्या के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है इस बार इससे भी ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा करना है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र् मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ढाई हजार रूपए प्रति क्विंटल करने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा है कि एक ओर जहां केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है वहीं केन्द्र शासन द्वारा धान के समर्थन मूल्य में पैंसठ रूपए की वृद्धि की जा रही है यह वृद्धि मात्र तीन दशमलव सात प्रतिशत है पिछले वर्ष दो सौ रूपए की वृद्धि की गई थी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन लागत और किसानों के व्यापक हित में धान के मूल्य को बढ़ाकर ढ़ाई हजार रूपए किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अलावा उपार्जित चावल को केन्द्रीय पूल में मान्य करने के निर्देश संबंधितों को देने का अनुरोध भी किया है नए टीका प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में दो नए टीकों को शामिल किया जा रहा है नियमित टीकों के साथ ही अब बच्चों को डायरिया से बचाने रोटा वायरस वैक्सीन पिलाया जाएगा इसके अलावा बच्चों को टिटनेस और डिथ्थिरिया गलघोट्र से बचाने के लिए नया टीका टीडी वैक्सीन को भी टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है इन दोनों टीकों से अब बच्चों को ग्यारह जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकेगा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव परसों आठ जुलाई को रायपुर मेडिकल कॉलेज से इन दोनों नए टीकों के इस्तेमाल की शुरूआत करेंगे प्रदेश के सभी जिलों में नौ जुलाई से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ये टीके लगाए जाएंगे एचआईवी जांच रायपुर मेडिकल कॉलेज में एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग सेंटर शुरू किया जाएगा सेंटर में वायरल लोड टेस्टिंग मशीन लगने के बाद अब एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के शरीर में वायरल लोड की जांच रायपुर में ही हो जाएगी पहले इसकी जांच के लिए ब्लड सेंपल मुंबई या कोलकाता भेजना पड़ता था स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव परसों पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में सेंटर का लोकार्पण करेंगे अधिकारियों ने बताया कि एचआईवी संक्रमितों को सेंटर में वायरल लोड जांच की सुविधा निशुल्क मिलेगी एचआईवी वायरल लोड टेस्टिंग मशीन से शरीर में एचआईवी वायरस की मात्रा की जांच की जा सकती है वर्तमान में ली जा रही दवाईयों का शरीर में कितना असर हो रहा है इसका पता भी इस मशीन से लगाया जा सकता है एचआईवी संक्रमितों की बेहतर देखभाल और उनके उपचार के प्रभावी प्रबंधन में यह सेंटर बेहद कारगर साबित होगा

सातवीं आर्थिक गणना देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सातवीं आर्थिक गणना एक अगस्त से पंद्रह नवम्बर के बीच की जाएगी छत्तीसगढ़ के लिए यह तीसरी आर्थिक गणना होगी

गणना के बाद राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाएगी

जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में बलौदाबाजार जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी पर्यटन मंडल छूट छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के रिसॉर्ट और होटलों में पर्यटकों के ठहरने और कक्ष आरक्षण में इकतीस अक्टूबर तक पचास प्रतिशत छूट दी जाएगी अधिकारियों ने बताया कि रिसॉर्ट और होटलों में कक्ष आरक्षण के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है संबंधित होटल रिसॉर्ट पर्यटक सूचना केन्द्र काल सेन्टर के माध्यम से भी आरक्षण करवाया जा सकता है इसके अलावा सूचना केन्द्र संबंधित रिसॉर्ट और पर्यटन से संबंधित अन्य जानकारी टोल फ्री नम्बर तथा पर्यटन मंडल की वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं मौसम प्रदेश में इन दिनों मानसून सक्रिय है दक्षिण उत्तरप्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्यप्रदेश में निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और झारखंड के पास चक्रवात तथा उत्तर पश्चिम राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक द्रोणिका बने होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी व्यापक वर्षा हो रही है मौसम विज्ञानी जेआर साहू के मुताबिक बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई है लोहांडीगुड़ा में सर्वाधिक चौदह सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने एक नवम्बर दो हजार अट्ठारह की स्थिति में किसानों के सिंचाई जलकर की बकाया राशि को माफ कर दिया है इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बस्तर संभाग के राजस्व अधिकारियों को लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण दो माह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम के तहत पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया पी एलएफआई और तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी को पुनः एक वर्ष के लिए विधि विरूद्व संगठन के रूप में घोषित किया है